उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया फिटनेस की डोज आया घंटा रोज इस मंत्र में समी का स्वास्थ्य समी का सुख छिपा हुआ है फिर चाहे वो योग हो या बेडमिंटन हो टेनिस हो या फुटबॉल हो जो भी आपको पंसद आए कम से कम तीस मिनट रोज कीजिए प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरूस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरूस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फूटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ध्यान व्यायाम सैर दौड़ स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए एनएसएस पुरस्कार बसालिस विजेताओं को तीन विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गये इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्वो को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि त्यौहारों को घर पर ही रेहकर मनाया जाय और कोई सार्वजनिक आयोजन न किया जाए श्री योगी आज लखनऊ के लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी पर्वो को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोविड नाइन्टीन से बचाव के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन कार्रवाई को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए आवश्यकतानुसार माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन स्थापित किए जाएं यह सुनिश्चित किया जाए कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय रहें और इनके माध्यम से कोरोना से बचाव तथा यातायात सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कोरोना संक्रमित केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी का कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया श्री अंगड़ी बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि सुरेश अंगड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र बेलगावी और कर्नाटक के लोगों के लिए अथक परिश्रम किया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री सुरेश सी अंगडी के निधन पर शोक व्यक्त किया है मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय अंगडी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने प्रसिद्ध नेता शिक्षाविद विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है मंत्रिमंडल ने सरकार और पूरे राष्ट्र की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की केन्द्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव पांच पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में इस संक्रमण से सत्तासी हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या छियालिस लाख चौहत्तर हजार से अधिक हो गई है लौटते मानसून की वजह से राज्य के कई हिस्सों में पिछले छत्तीस घंटों से लगातार हल्की और भारी बारिश हो रही है प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है तेज हवा के साथ हो रही लगातार बारिश से खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं हालांकि वह अभी भी खतरे के निशान से नीचे है